स्वास्थ विभाग में पदस्थ एक आईएएस और उनका बेटा भी कल पॉजीटिव पाये गये थे कोरोना से कल भोपाल में अब तक की दूसरी मृत्यु भी हुई है

खंडवा में एक संदिग्ध मरीज की दूसरी जांच रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई है

उधर जबलपुर में स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो ्कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कोरोना प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से चर्चा करते हए एक बार फिर इसके लिए जबलपुर की सराहना की है राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन का और सख्ती से पालन कराया जा रहा है

सिवनी में दस चीता बाइकर पेट्रोलियम के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे उधर एक संदिग्ध मरीज ग्वालियर से भागकर शिवपुरी पहॅचा पुलिस की मदद से स्वास्थ्य विभाग के दल ने उसके नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं विदिशा कलेक्टर पंकज जैन ने कल विधायको और जनप्रतिनिधियों से कोरोना नियंत्रण को लेकर चर्चा की उधर नीमच में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों ग्राम और नगर रक्षा समिति के सदस्यों कोटवारों एवं एनसीसी कैडेटों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है मुरैना से राहत की खबर है

रायसेन जिले में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है

रतलाम अनूपप्र सीहोर ग्वालियर दमोह सहित सभी जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है मरीज स्वस्थ राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच जबलपुर और भोपाल से राहत देने वाली खबर भी मिली है जबलपुर की पलक अग्रवाल कोरोना से लड़ाई जीतकर घर पहॅच गई है

इधर भोपाल में रेलवे गार्ड़ आरएस धाकड़ को भी कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया

योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने कल इसके निर्देश जारी कर दिए हैं विधायकों की अनुशंसा पर कलेक्टर इस योजना की राशि का उपयोग कोरोना से बचाव संबंधी विभिन्न कार्यों में खर्च कर सकेंगे

पीएम बैठक ज्यादातर राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कल लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह और बढ़ाने का अनुरोध किया है विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हई बातचीत में प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की समीक्षा की

बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग किट की क्षमता बढ़ाई जा रही है इसके अलावा समाजिक सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सौ बीस करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है

उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय छात्रों के स्वास्थ की सुरक्षा और शैक्षिक कल्याण के लिए वचनबद्ध है

इसमें आम लोगों के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक समाचारों को शाामिल किया जाता है

इस दौरान उन्होंने गायो का प्रजन कर उन्हें घास और ग्ड़ खिलाया